रेवाड़ी से अजमेर के बीच रेलमार्ग अब हुआ पूर्ण विद्युतीकृत रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ढिंगावड़ा बांदीक्ई खण्ड का किया लोकार्पण मतदाता सूचियों के नवीनीकरण के लिये आज से प्रदेश में शुरू हुआ विशेष अभियान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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम और अफवाहों से बचने में सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बड़ा सम्बल होती है

श्री मोदी ने कहा कि जहां जागरूकता है वहीं जीवंतता होती है प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहत काम आती है श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा से ही पक्षियों को देखने के शौकीन लोगों के प्रशंसक रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई पक्षी निहारन संगठन सक्रिय हैं जिनसे लोगों को जुड़ना चाहिए

उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गुंजते हैं

उन्होने कहा कि वे आगे भी किसानों के हित के लिये काम करते रहेंगे

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने आज इस रेल मार्ग के ढिंगावड़ा बांदीकुई खण्ड का लोकार्पण किया इस अवसर पर रेलमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढाने और प्रद्षण को हटाने को लेकर लगातार काम कर रही है

श्री गोयल ने बाद में दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी और करौली में श्रीमहावीर जी मंदिर में दर्शन कर देश में ख्रशहाली की कामना की रेलमंत्री ने महावीरजी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये

प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम गया

आज राजभवन में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केन्द्र द्वारा आयोजित धरोहर कार्यशाला में राज्यपाल ने कहा कि कलाकृतियों के जरिये चित्रकार और कलाकार अपने भावों को नये आयाम देता है

देश में दस लाख आबादी पर कोविड जांच की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर गई है

प्रदेश में आज कोरोना संकमण के मामलों में कुछ दर्ज की गई है

राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गुरू नानक जयन्ती और कार्तिक पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को शुभकामनायें दी हैं

इसके साथ ही परंपरागत रूप से ठंड भी जोर पकडने लगी है समुचे शेखावाटी क्षेत्र में इन दिनों सर्द हवायें चलने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है